उन्होंने कहा कि ये टेस्ट आरटीपीसीआर टूनैट मशीन और रैपिड एन्टीजन विघि से किए जाए रैपिड एन्टीजन टेस्ट की संख्या को बढ़ाए जाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रत्येक जनपद में पर्याप्त संख्या में जांच किट उपलब्ध करायी जाए लखनऊ में आज अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हए मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अस्पतालों में कोविड मरीजों के उपचार के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि समेकित कमान और नियंत्रण केंद्र के माध्यम से बेहतर समन्वय बनाकर कोविड मरीजों के इलाज के लिए समुचित प्रबंध किए जाए उन्होंने आवश्यकतानुसार अतिरिक्त वेटिलेटर्स की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखप्र और झांसी मेडिकल कॉलेज को तत्काल अतिरिक्त वेंटिलेटर उपलब्ध कराए जाए मुख्यमंत्री ने चिकित्साकर्मियों को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए समी प्रबंध सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए देशभर में कोरोना संक्रमण से दस लाख चौरान्नबे हजार तीन सौ चौहत्तर रोगी स्वस्थ हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटे में छत्तीस हजार पांच सौ उन्हत्तर मरीज ठीक हुए हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कोविड मृत्यु दर घटकर दो दशमलव एक पांच प्रतिशत रह गई है एक दिन में सत्तावन हजार एक सौ अट्ठारह लोग संक्रमित हुए इसके साथ ही कोविड रोगियों की कुल संख्या सोलह लाख पन्चानबे हजार नौ सौ अट्ठासी हो गई है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के तीन हजार आठ सौ चालीस नए मामले सामने आए हैं राज्य में इक्यावन हजार तीन सौ चौंतीस रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं और छत्तीस हजार सैंतीस रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है पिछले चौबीस घटों के दौरान सैंतालीस लोगों की मृत्यु के साथ ही बीमारी से अब तक जान गंवाने वालों की क्ल संख्या एक हजार छः सौ सतहत्तर हो गयी है उधर प्रदेश में कल तिरानबे हजार तीन सौ इक्यासी कोविड नमूनों की जांच की गयी अब तक कुल चौबीस लाख अट्ठारह हजार आठ सौ नौ नमूनों की जांच की चुकी है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंघान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गु्लेरिया ने आकाशवाणी से बातचीत में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए स्रक्षित दूरी का कडाई से पालन करने और हाथ धोने की आदत के बारे में सलाह दी एम्स के ही डॉक्टर राकेश गर्ग ने कहा कि संक्रमण का फैलाव ऐसे लोगों से हो सकता है जिन्होंने किसी स्थान की यात्रा की हो अथवा संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आए हों

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड नाइन्टीन पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा यह कार्यक्रम रात नौ बजकर तीस मिनट से एफ एम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है

श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक पांच सात छ सात पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं श्रोता शून्य एक एक दो तीन तीन एक चार चार चार पर भी सवाल पुछ सकते हैं ईद उल अजहा का त्यौहार आज देश भर में धार्मिक श्रद्वा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड प्र्वानमंत्री नरेंद्र मोदी केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर देशवासियों को ईद उल अजहा की श्भकामनाएं दी है प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ईद उल अजहा पर प्रदेशवासियों को पर्व की बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वाधीनता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की सौवीं पृण्यतिथि पर श्रद्वांजलि दी है प्रधानमंत्री ने टवीटर पर लोकमान्य तिलक का वीडियो साझा करते हए कहा कि लोकमान्य तिलक साहस और आत्मविश्वास से भरे हए थे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी श्री तिलक को श्रद्वाजलि दी है राज्यसभा सांसद अमर सिंह का आज सिंगापुर के अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया